केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह गृहमंत्री बने

प्रकाश जावड़ेकर को सूचना और प्रसारण मंत्रो बनाया गया है उन्हें वन और पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया है

वहीं पीयूष गोयल ने आज रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी सौंपा गया है रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री बन स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री बनी उन्हें वस्त्र मंत्रालय भी सौंपा गया है

वहीं संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाये गये जबकि जनरल वीके सिंह सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और संजीव कुमार बालियान पशुपालन डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री बने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नये मंत्रिपरिषद को युवा जोश और प्रशासनिक अनुभव का संगम बताया है श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि मंत्रिपरिषद में उत्कृष्ट सांसद और विशिष्ट पेशेवर लोग शामिल हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करेंगे नये केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल अधिकांश मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया इसी क्रम में सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार आज प्रकाश जावड़ेकर ने संभाल लिया इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है आजादी के साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं जिसे निभाना मीडिया की जिम्मेदारी है बाइट लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही मायने रखती और इस मूल्य को हम मानते हैं

हजारों लाखों लोग जेल में रहे जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उसके जो दो तीन प्रमुख बिन्दु थे लोकतंत्र की पूर्न स्थापना वैसे प्रेस की पूर्न स्थापना यह महत्वपूर्ण था और मेरा विश्वास है कि मीडिया पर कि हर स्वतंत्रता उत्तरदायित्व के साथ आती है जिम्मेदारी के साथ आती है तो एक रिस्पांसिबल फ्रीडम जिसका प्रयोग मीडिया करती है करती रहेगी और आगे भी करेगी यह मेरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कई विदेशी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की उन्होंने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के साथ मुलाकात की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की राष्ट्रपति सिरीसेना ने क्षेत्र में शांति खुशहाली और सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बोच संबंध प्रगाढ़ करने में मिलकर काम करने की फिर से इच्छा व्यक्त की प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के साथ दोस्ताना संबंध और मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद के साथ भी बैठक की और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श किया श्री मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द कुमार जगनॉथ से भी मुलाकात की दोनों नेताओं ने विकास में सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की उन्होंने दोनों देशों और हिन्द महासागर क्षेत्र की सुरक्षा तथा विकास के साझा सपने को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की प्रधानमंत्री ने कल किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सुरोनबे जीनबेकॉफ के साथ राष्ट्रपति भवन में बैठक की

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश ने भारत को संयुक्त राष्ट्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में गुतरश के इस संदेश की जानकारी दी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

श्री नाईक ने कहा कि विश्व में सत्तर लाख से ज्यादा लोग प्रति वर्ष तम्बाकू के सेवन के कारण असमय मौत का शिकार हो जाते हैं केवल भारत में तम्बाकू सेवन से होने वाली मौतों की संख्या दस लाख प्रतिवर्ष है उन्होंने कहा कि तम्बाकू देश में राजस्व का स्रोत अवश्य है लेकिन तम्बाकू सेवन से होने वाले रोग का उपचार उससे कहीं ज्यादा महंगा है श्री नाईक ने कहा कि तम्बाकू सेवन के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है

कार्यक्रम की अध्यक्षता केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट और दंत विभाग के डीन प्रोफेसर शादाब मोहम्मद ने की इस मौक पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रोफेसर ने अपने उद्बोधन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रोग्राम इस समस्या के समाधान की ओर एक सार्थक कदम है लेकिन इस प्रोग्राम को और मजबूत करने की जरूरत है जिससे प्रत्येक स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके श्रीमती झिमोमी ने आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए यह बात कही वहीं मऊ जिले में जन जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और लोगों को तम्बाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई गई प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि विद्युत विभाग में उपकेन्द्र आधारित व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित करने के लिये सभी जनपदों के जेई एसडीओ एक्सईएन को प्रशिक्षण दिलाने के लिये कार्यशाला आयोजित की जाये उन्होंने उपभोक्ताओं की सभी समस्याओं का निराकरण उपकेन्द्र पर ही किये जाने के निर्देश दिये ऊर्जा मंत्री ने आज लखनऊ स्थित शक्ति भवन मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य वितरण कम्पनियों के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति राजस्व वसूली और उपभोक्ता सेवाओं के सरलीकरण के कार्यो को समीक्षा की विद्युत विभाग के टेंडरों में अनियमितता की शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री ने इंजीनियरों के सगे संबंधियों को ठेका संबंधी काम नहीं देने के लिये नियम में परिवर्तन का भी निर्देश दिया श्री शर्मा ने सोशल मीडिया के साथ ही अन्य माध्यमों से मिल रही लोगा की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेने का निर्देश दिया एडमिरल करमबीर सिंह ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है करमबीर सिंह नई दिल्ली में मुख्यालय में नौसेना उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे पिछले साल वे विशाखापाद्टनम में पूर्वी नौसेना कमांडर के पद पर तैनात थे नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति के बाद करमबीर सिंह ने कहा कि वे नौसेना को मजबूत निपुण और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए और सक्षम बनायेंगे करमबीर सिंह ने एडमिरल सुनील लाम्बा का स्थान लिया है प्रधानमंत्री के शपथ लेने के अवसर पर आबूधाबी की मशहूर एडनोक इमारत में कल शानदार रौशनी की गई इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आबूधाबी के युवराज को गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए दिखाया गया साथ ही दोनों देशों के राष्ट्र ध्वज भी दिखाई दिये संयुक्त अरब अमारात में भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने आकाशवाणी को बताया कि यह दोनों देशों के बीच संबंधों का स्वर्ण काल है दोनों नेताओं के बीच जो विशेष घनिष्टता है उससे संबंधों को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा